कहा जून के अंत तक कारखाने में शुरू हो जाएगा उर्वरक का उत्पादन मुख्यमंत्री ने कहा पिछले चार वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में हुआ व्यापक सुधार

प्रदेश में कल से दो दिनों तक गुड़ महोत्सव का किया जायेगा आयोजन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानन्द गौड़ा ने कल इस निमार्णाधीन कारखाने का निरीक्षण करने के बाद संवाददाताओं को इस बात की जानकारी दी उन्होंने कहा कि आठ हजार करोड़ रूपये की लागत से स्थापित किये जा रहे इस कारखाने से क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा मुख्यमंत्री ने बताया कि गोरखपुर का खाद कारखाना छब्बीस वर्ष पूर्व बंद हो गया था वर्ष दो हजार सोलह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस कारखाने को पनः शुरू करने की आधारशिला रखकर आत्मनिर्मर भारत की परिकल्पना को साकार किया उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक कारखाने से उत्पादन शुरू होने के बाद देश प्रदेश के किसानों को पर्यात्त मात्रा में उर्वरकों और रसायनों की आपूर्ति हो सकेगी केन्द्रीय मंत्री श्री गौड़ा ने बताया कि देश में इस समय उर्वरक की कुल खपत तीन सौ बीस से तीन सौ तीस लाख मीट्रिक टन है इसमें से वर्तमान में अस्सी से नब्बे लाख मीट्रिक टन उर्वरक का आयात किया जा रहा है उन्होंने कहा कि उर्वरकों के उत्यादन में देश को आत्मनिर्मर बनाने के लिए सरकार ने वर्ष दो हजार सोलह में देश में पांच उर्वरक कारखानों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी गोरखपुर के अलावा अन्य कारखानों को भी जल्द शुरू करने के प्रयास किये जा रहे हैं इन कारखानों में बासठ लाख मीट्रिक टन खाद का उत्पादन सुनिश्चित होगा इसके अलावा श्री गौड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर गोरखप्र में जल्द ही प्लास्टिक पार्क की स्थापना होगी उन्होंने बताया कि प्लास्टिक पार्क के लिए राज्य सरकार ने बावन एकड़ भूमि की व्यवस्था भी कर दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से पिछले चार वर्षो में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्शल नेतृत्व में शुरू की गयी जन धन योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है और बैंकों तक गरीबों किसानों और नौजवानों की पहंच बढ़ी है गोरखपुर में कल वृहद ऋण वितरण शिविर में प्रदेश के अठाईस हजार पांच सौ किसानों और व्यवसायियों को दो सौ एक करोड़ रूपए का ऋण वितरित करने के बाद अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि कोरोना महामारी के संकट के समय सरकार ने इन जन धन खातों के जरिये ही लोगों तक सीधे वित्तीय मदद पहुंचायी उन्होंने कहा कि स्वरोजगार और स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में समय समय पर ऋण वितरण शिविरों का आयोजन किया गया है उन्होंने कहा कि यूवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना किसानों की आय में वृद्वि करना और विकासपरक योजनाओं को क्रियान्वित करना सरकार की प्राथमिकता है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गयी एक जनपद एक उत्पाद योजना आत्मनिर्मर भारत के लिए आधार साबित हो रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षो में प्रदेश सरकार ने पचास लाख सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयों को बैंकों से ऋण दिलाकर करोड़ों लोगो को रोजगार से जोड़ा है सत्रहवीं विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही कल वित्तीय वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस के लिये निर्धारित बजट को पारित करने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई

गौरतलब है कि बजट सत्र विगत अट्ठारह फरवरी को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधन के साथ शुरू हुआ था बाईस फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेश के लिये लगभग साढ़े पांच लाख करोड़ रूपए की मांगें पटल पर रखी थीं विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित होने के बाद सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया पन्द्रह दिनों के इस सत्र में कुल दस दिन बैठकें हुईं जिसमें पैंसठ घंटे इक्तीस मिनट सदन की कार्यवाही चली राज्यपाल के अमिभाषण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेता प्रतिपक्ष रामगोविन्द चौधरी और दलीय नेताओं सहित अड़तालीस सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया बजट चर्चा में कुल एक सौ सोलह सदस्यों ने हिस्सा लिया इस बजट सत्र में कुल अट्ठारह विधेयक पारित किये गये राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विद्यार्थियों का आह्वान किया है कि वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज में व्याप्त क्रूतियों को दूर करने के लिए करें प्रयागराज में कल उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह को संबोधित करते हुए श्रीमती पटेल ने कहा कि नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वर्ष दो हजार तीस तक पचास प्रतिशत युवाओं को उच्च शिक्षा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें प्रारंभिक स्तर से ही प्रयास करने होंगे और छात्र छात्राओं को स्कूली शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा प्रदेश में कल से दो दिनों तक गुड़ महोत्सव का आयोजन किया जायेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गन्ना संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य गुड़ उत्पादकों को उत्तम गुणवत्ता के गुड़ तथा उसके सह उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है इसके साथ गुड़ के औषधीय लामों के प्रति लोगों में जन जागरूकता लाना भी महत्वपूर्ण है उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान गुड़ विशेषज्ञ गुड़ उत्पादन की नवीन तकनीक के बारे में गुड़ उत्पादकों के साथ चर्चा करेंगे उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान गुड़ तथा सह उत्पादों की प्रदर्शनी के माध्यम से गुड़ क्रेताओं और उत्पादकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में आसानी होगी प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना संक्रमण के एक सौ उन्नीस नये मामले सामने आये हैं जबकि इस दौरान एक सौ चौदह लोग स्वस्थ हुए हैं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेज गति से चल रहा है और कल एक दिन में एक लाख अट्ठारह हजार पांच सौ पैंतालिस नमूनों की जांच की गयी उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को कोविड के टीके उपलब्ध कराने के लिये कृतसंकल्पित है श्री प्रसाद ने बताया कि कल प्रदेश में दो हजार तीन सौ से अधिक केन्द्रों पर गम्मीर बीमारी से पीड़ित पैंतालीस वर्ष से साठ वर्ष की आयु के लोगों को कोविड का टीका लगाया जा रहा है उन्होंने कहा कि अगले एक सप्ताह में कोविड टीकाकरण केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर चार हजार से ज्यादा कर दी जाएगी अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण अब सत्तर एकड़ से बढ़ाकर एक सौ सात एकड़ से अधिक भूमि पर किया जाएगा इसके लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने सात हजार दो सौ पचासी वर्ग फीट अतिरिक्त भूमि खरीदी है यह भूमि राम मंदिर के निर्माण के लिये दी गयी सत्तर एकड़ जमीन से लगी हुई है पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है जिसने आगरा में ताजमहल को उडाने के बारे में फर्जी टेलीफोन कॉल की थी आगरा जोन के अपर पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मीडिया को बताया कि टेलीफोन करने वाले का फिरोजाबाद में होना पता चला इस व्यक्ति ने कल सुबह आगरा के पुलिस कट्रोल रूम में फोन करके कहा था कि ताजमहल परिसर में बम लगा दिया गया है और प्रेम के इस प्रतीक को नष्ट कर दिया जाएगा इस सूचना के बाद बम निफ्रिय करने वाले दस्ते ओर सीआईएसएफ के दल के अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच की इस दौरान ताजमहल परिसर के द्वारों को बंद कर दिया गया तथा पर्यटकों को कुछ समय के लिए बाहर निकाल दिया गया हालांकि परिसर में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली परिसर को कुछ समय बंद रखने के बाद पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया सांसद आजम खान के बेटे और रामपुर जिले की स्वार टांडा विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम पर प्रशासन ने थाना स्वार में मुकदमा दर्ज कराया है नामांकन के समय उम्र में हेराफेरी करने को लेकर यह मुकदमा दर्ज कराया गया है अब्दुल्ला आजम अपने पिता आजम खान के साथ सीतापुर की जेल में करीब एक साल से बंदी हैं